ग्यारह लोगों की अब तक हो चुकी है मौत

राज्य के बाईस जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ उन्यासी नये कोरोना मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ छियासठ हो गयी है जिसमें से छह सौ उनतीस मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं सबसे अधिक मधुबनी जिले में चौंतीस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि बेगूसराय में बीस कटिहार में उन्नीस खगड़िया में चौदह बक्सर में तेरह समस्तीपुर में दस पटना और गोपालगंज में नौ नौ गया और पूर्वी चंपारण में सात सात सारण में छह पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी और भागलपुर में पांच पांच तथा नवादा मुजफ्फरपुर और मुंगेर में तीन तीन के साथ अरवल और मधेपुरा में दो दो तथा सुपौल वैशाली और कैमूर में एक एक मरीज मिले हैं राज्य में अब तक ग्यारह कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना वायरस से संक्रमित अड़तालीस हजार पांच सौ चौंतीस लोग उपचार के बाद अब तक ठीक हो चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने की दर करीब इकतालीस प्रतिशत हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर तीन दशमलव शून्य दो प्रतिशत रह गई है

हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर कि ज्यादा केसेज रिकॉर्ड हुए हैं हम चेज के साथ मिलकर वहां पर कंटेन्मेंट और क्लीनिकल मैनेजमैन्ट ऑफ केसेज पर फोकस कर रहे हैं आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रीकॉशन्स लेते हुए इस इन्फैक्श्रल डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचायें इधर भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने कहा है कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक सत्ताईस लाख पचपन हजार सात सौ चौदह नमूनों की जांच की गई आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक एक करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि अभी तक चौदह हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र बनाए जा चुके हैं डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमण के दोगुना होने की दर पहले जहां तीन दशमलव चार तीन थी वहीं अब यह तेरह दशमलव तीन हो गई है उन्होंने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामले अब कुछ राज्यों शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं श्री पॉल ने कहा कि देश में दस करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेली मेडिसिन सेवा का भी विस्तार हो रहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश में जहां बीस लाख लोगों को संक्रमण से बचाया सका वहीं चौवन हजार लोगों की जान बचाई गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को दो वर्गो में बांटा गया है कंटेनमेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है जबकि द्रसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्र होंगे टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी अनिवार्य होगी भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों के जरिये इकतीस लाख से अधिक लोगों को अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का नया मानदंड स्थापित किया है पहली मई से देश के विभिन्न राज्यों से दो हजार तीन सौ सत्रह श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां चलाई गई हैं जिससे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गन्तव्यों तक पहुंचाया जा सके इस बीच रेलवे ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली दो सौ तीस रेलगाडियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं देश के विभिन्न राज्यों से लगभग दो लाख प्रवासी कामगारों को लेकर आज एक सौ अठारह रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही है जिनमें गुजरात से पच्चीस महाराष्ट्र से सोलह नई दिल्ली से पंद्रह कर्नाटक से छह पंजाब और उत्तर प्रदेश से पांच पांच हरियाणा और तमिलनाड् से चार चार आंध्र प्रदेश से तीन राजस्थान तेलंगाना और दमन से दो दो तथा चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश से एक एक ट्रेन के साथ दो राजधानी ट्रेन भी पहुंच रही हैं इधर परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से पैदल बस या अन्य वाहनों से राज्य में आने वाले प्रवासी कामगारों के लिये राज्य सरकार अंतरजिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करा रही है इन रेलगाड़ियों से लगभग सैंतीस हजार से अधिक श्रमिक विभिन्न जिलों में पहुंचाये जा रहे हैं इधर दानापुर और बक्सर के बीच प्रतिदिन दो श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन बक्सर और दानापुर के बीच आरा स्टेशन पर रूकेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में आये प्रवासी कामगारों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है सभी को उनके हनर के अनुसार काम मिलेगा कल वीडियो कांफ्रेंसिंग से क्वारेंटाइन केन्द्रों में रह रहे कामगारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ही अपने श्रमबल और हुनर का प्रयोग करें उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और उन्नति में भागीदार बनें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इच्छुक लोगों का जॉब कार्ड बनायें श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी कामगारों के अनुसार उद्योगों को विकसित करें और उन्हें रोजगार दें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने देश के ग्यारह शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को हीं क्वारेंटीन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब केवल सूरत अहमदाबाद मुम्बई पूणे दिल्ली गाजियाबाद फरिदाबाद गुरूग्राम नोएडा कोलकाता और बेंगलुरू से लौट रहे प्रवासी कामगार ही चौदह दिन के लिये प्रखंड क्वारेंटीन सेंटर पर रखे जा सकेंगे प्रधान सचिव ने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिलेगा उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जायेगा पच्चीस मई से पटना एयर पोर्ट से कोलकाता हैदराबाद अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए उन्नीस जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेंगी इनमें से अट्ठारह जोड़ी फ्लाइट सप्ताह के सात दिन उड़ान भरेंगी नये शेडयूल के अनुसार चौबीस घंटे के स्थान पर चौदह घंटे ही विमानों का परिचालन होगा पहली फ्लाइट सुबह सात बजकर पैंतीस मिनट पर आयेगी जबकि रात नौ बजकर बीस मिनट पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी एयरपोर्ट के अभियंत्रण विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंशिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे सात मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर बारह मिनट प्रतिघंटे करना चाहती है जिससे उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके

और अभी तो कुछ जगह सारे बंघन ही खत्म हुए हैं

और निश्चित ही इसके बारे में निर्णय लेंगे जिससे आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि लोकल एडवर्टाइजमेंट बहुत होते हैं लोग आयेंगे देंगे आपके यहां क्योंकि उनको रेस्पांस मिलेगा तब उनको समझ में आयेगा कि कम्यूनिटी रेडियो का महत्व क्या है आकाशवाणी समाचार के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं साउंड बाईट मैं निश्चित रूप से कम्यूनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्यूनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के देश के परिवर्तन के सहभागिता का ज्यादा प्रभाग देने का काम करते जायेंगे यह मुझे विश्वास है हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिये क्या किया जाये श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का पचहत्तर प्रतिशत मंत्रालय वहन कर रहा है श्री जावडेकर ने इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज के खतरे से निपटने में मदद करें उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया है जिसमें सामुदायिक रेडियो मदद कर सकते हैं केंद्र सरकार बिहार के डेढ़ करोड़ नये लाभर्थियों के लिये पचहत्तर हजार मीट्रिक टन अनाज देगा केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सभी लाभार्थियों तक अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके जिससे कोई भूखा न रहे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार फंसे हुए आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति पांच किलो आटा या चावल मुफ्त दे रही है केंद्र सरकार की ओर से हर परिवार को एक महीने में एक किलो दाल भी मुफ्त दी जा रही हैं वहीं आज से पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों के बीच सरकारी राशन का वितरण मुफ्त में किया जायेगा यह राशन उन मजद्रों को मिलेगा जिनके पास राज्य या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है प्रदेश के खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि मजदूरों को पांच किलोग्राम चावल के साथ एक किलो चना दिया जायेगा उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत के नाम से चलायी जा रही है लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल नौ करोड़ पचपन लाख किसान परिवार लाभाविंत हुए हैं और उन्नीस हजार करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं सरकार कोविड उन्नीस महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रंखला के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसके जरिए कृषि उत्पादों हस्तकला तथा कलात्मक उत्पादों की आपूर्ति की जा सके भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद सीआईएससीई ने दसवीं और बारहवीं की लंबी परीक्षाएं एक जुलाई से चौदह जुलाई के बीच कराने की घोषणा की है परिषद के सचिव गेरी एराथून ने बताया कि बारहवीं की परीक्षाएं दो जुलाई से बारह ज़लाई तक होंगी दसवीं की परीक्षाएं एक ज़ुलाई से चौदह ज़ुलाई तक कराई जाएंगी केंद्रीय मानव संसाधन मानव विकास मंत्रालय ने शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये एक नये टीवी चैनल को शुरू करने की मंजूरी दी है जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत छतिएनी गांव में जमीन विवाद में मां बेटे की पीट पीटकर हत्या कर दी गई पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पटना जिले में ऑड इवन के आधार पर मार्केटिंक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की द्रकानें खुलेंगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी द्रकानें शाम छह बजे तक ही खुलेंगी उन्होंने कहा कि भीड़ को कम करने के लिये नयी व्यवस्था बनायी गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानों और प्रतिष्ठानों को छह अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनके खोलने का दिन निर्धारित किया गया है पटना उच्च न्यायालय ने इस साल अठाईस जनवरी को हुयी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीइटी को विज्ञापन के अनुसार लेने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है राज्य के उत्तर पूर्व हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश होने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि सुपौल अररिया मधेपुरा किशनगज सहरसा और पूर्णिया में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है इस दौरान पटना गया समेत प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना में द्रकानों और शॉपिंग मॉल के खुलने के दिन और समय को बड़ी खबर बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत बाजार रोज खुलेंगे दैनिक जागरण की बड़ी खबर है अब घटेगी कर्ज की ईएमआई दैनिक भास्कर लिखता है पटना को जयपुर बनारस और अमृतसर की नई फ्लाइटें मिलीं प्रभात खबर ने एक रिपोर्ट निगेटिव होने पर जायेंगे घर को बड़ी खबर बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य में कोरोना के एक सौ उन्नासी नये पॉजिटिव मरीज मिले

ग्यारह लोगों की अब तक हो चुकी है मौत